मंत्रिमण्डल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट के गठन का फैसला लिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इस द्रस्ट का नाम श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र होगा

मेंत्रिमण्डल ने सहकारी बैंको को भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक नियंत्रण के तहत लाने का भी फैसला किया है केंद्रीय सुचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में बताया कि इस फैसले से सहकारी बैंकों के कामकाज मे और अधिक जवाबदेही व पारदर्शिता आएगी उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों को सामान्य वाणिज्यिक बैंकों की तरह ही अब नियामक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा जावडेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सूचना प्रोद्योगिकी से संबंधित संस्थानों के संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दे दी है स्वागत इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास गठित करने की घोषणा का स्वागत किया है एक बयान में उन्होंने कहा कि इससे देश विदेश में रहने वाले करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राज्य सरकार की मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हैल्पलाईन को जनकल्याण की दिशा में अच्छी पहल बताया है राजधानी शिमला के ट्टीकंडी में आज हैल्यलाईन कार्यालय के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि काफी कम समय में ये सुविधा जन समस्याओं के निवारण में कारगर सिद्ध हुई है राज्यपाल ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि के बाद ही शिकायत को बंद किया जाता है उन्होंने इस हैल्पलाईन को और प्रभावशाली बनाने के लिए अपने सुझाव भी दिए मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि भाजपा ने हमेशा लोगों के हितों को ध्यान में रखा है और मजबूत व गतिशील राष्ट्र निर्माण का समर्थन किया है वे आज दिल्ली के करोल बाग और उत्तम नगर में विभिन्न स्थानों पर चुनावी रैलियों को सम्बोधित कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कश्मीर बिना किसी बाघा के दूसरे राज्यों की तर्ज पर समृद्ध हो सकेगा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल भी इस दौरान मौजूद रहे

उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल संकट को दूर करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत योजनाओं पर कार्य शुरू किया गया है सीबीआई प्रदेश में करोड़ों रूपए के बहुचर्थित छात्रवृत्ति घोटाले में सीबीआई ने आज ऊना के एक निजी शिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों के बयान दर्ज किए सीबीआई के डीएसपी बलबीर शर्मा की अगुवाई में टीम ने दर्ज बयानों पर कार्रवाई शुरू कर दी है

सुरजक ंड हरियाणा के सूरजकूंड में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया गया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर की धर्मपत्नी साधना ठाकूर ने आज सूरजकूंड मेले का दौरा किया और कहा कि इस मेले में शिल्पकारों व कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का बेहतर अवसर मिलता है उन्होंने मेला परिसर में विभिन्न स्टॉलों का भी अवलोकन किया

इसके तहत कालाअंब में आज स्वच्छ काला अंब अभियान की शुरूआत की गई पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रीतम पाल ने अभियान का श्रभारंभ किया इस अवसर पर उपायुक्त आर के परूथी ने बताया कि क्षेत्र को स्वच्छ बनाने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी

पहली उड़ान भूंतर तांदी डाईट भूंतर जबकि दूसरी भूंतर बारिंग भूंतर के बीच भरी जाएगी

सहजल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य में इस वर्ष पांच सौ किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने सोलन जिले में कसौली क्षेत्र के कोटबेजा में एक सड़क के विस्तार कार्य के शुभारंभ अवसर पर ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांवों तक बेहतर सड़क सुविधा पहुंचाने को कृतसंकल्प है और इस दिशा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना व मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना लाभदायक सिद्ध हो रही है कोरोना वायरस कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग इन दिनों अनेक कार्यक्रम चला रहा है विमाग ने किन्नौर के रिकांगपिओ पूह सांगला भावा नगर में शिविर आयोजित कर चिकित्सकों और पैरामैडिकल स्टॉफ को जागरूक किया

सोलन के जिला स्वास्थ्य अधिकारी एन के गुप्ता ने लोगों से इस वायरस से भयभीत न होने का आहवान किया

सोलन में पत्रकार वार्ता में परिषद के जिला सहसंयोजक शुभम राठौर ने कहा कि प्रदेश में सड़कों की हालत भी दयनीय बनी हुई है उन्होंने नौणी व पालमपुर विश्वविद्यालयों सहित शिमला स्थित प्रदेश विश्वविद्यालय के इकडोल केंद्र में फीस वद्धि को भी दर्भाग्यपूर्ण कैरार दिया है उधर चंबा में परिषद के जिला संयोजक अभिलाश शर्मा ने सरकार के समक्ष कई मांगे रखी और इन्हे जल्द पूरा करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव बहाल न कर छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है

एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव समिति के अध्यक्ष होंगे रोजगार मेला राज्य श्रम व रोजगार विभाग ने कांगड़ा जिले के रैहन में आज जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया

रोजगार मेले के दौरान पूर्व सांसद कृपाल परमार ने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार प्राप्ति के लिए तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए कौशल विकास भत्ता योजना भी चलाई गई है

इस उपलब्धि से उन्होंने हिमाचल का नाम देश सहित विश्व में रोशन किया है किन्नौर के उपायुक्त गोपाल चंद ने स्वर्ण पदक जीतने पर दीपिका नेगी को बघाई दी है उन्होंने कहा कि जिले में बॉक्सिंग को बॅढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे ज्ञापन चंबा जिले में पांगी क्षेत्र की स्वयं सेवी संस्था पांगी फर्स्ट ने पांगी घाटी को विधानसभा क्षेत्र घोषित करने की मांग की है इस संबंध में संस्था के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज पांगी के आवासीय आयुक्त के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा संस्था के अध्यक्ष इंद्र प्रकाश शर्मा ने कहा कि पांगी क्षेत्र को विघानसभा क्षेत्र बनाने से यहां विकास के नए आयाम स्थापित हो सकेंगे समिति प्रदेश विधानसभा की प्राक्कलन समिति इन दिनों कर्नाटक के अध्ययन प्रवास पर है समिति के सदस्यों ने आज राज्य के कूर्ग जिले के पर्यटन व वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की इस दौरान सदस्यों ने वन व पर्यटन क्षेत्र में चलाई जा रही गतिविधियों की जानकारी हासिल की